इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के जरिये प्रदेश की दो लाख महिलाओं को मिला फायदा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

कल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ नागरिक मंडल और एक निजी अस्पताल की ओर से जयपुर में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया शिविर में रियायती दरों पर टीके लगाए गए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के विशिष्ट शासन सचिव ने शिविर का निरीक्षण किया

यह टीका पूरी सुरक्षित और प्रभावी है प्रदेश में रोजाना कोरोना संक्रमण के नए मामले पिछले दिनों की तुलना में ज्यादा आ रहे हैं

सात जिलों भरतपुर चूरू दौसा श्रीगंगानगर झालावाड़ सवाई माधोपुर और टोंक में कोई नया मामला नहीं मिला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

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं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

प्रदेश में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के जरिये दो लाख महिलाओं को फायदा मिला है कल जयपुर में राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान समारोह में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है

दूसरा पुरस्कार कोटा की हेमलता गांधी को ँमिला वहीं तीसरा प्रस्कार जोधप्रर की कृति भारती को दिया गया

कल अलवर के थानागाजी कस्बे में ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह और नवनिर्मित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के भवन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के माध्यम से गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिल रहा है प्रदेश में लाइम स्टोन के चार ब्लॉकों की जल्दी ही ई प्लेटफार्म पर नीलामी की जाएगी माइंस और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि खनिज विभाग को तीन महीने में पांच हजार हैक्टेयर क्षेत्र के माइनर मिनरल ब्लॉक्स विकसित कर नीलामी के लिए तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं प्रमुख सचिव कल जयपूर में उच्च स्तरीय बैठक में इस वित्तीय वर्ष में खनिज खोज और खनन नीलामी प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष का रोडमेप तैयार कर खनिज खोज और खनन कार्य को गति दी जाएगी आज विश्व उपभोक्ता दिवस है इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले उपभोक्ता अधिकार संगठन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदेश से भी बीस सदस्यीय दल भाग लेगा कार्यक्रम का संचालन कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार होगा प्रदेशभर में जल जीवन मिशन के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में झालावाड़ में कल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केन्द्र की ओर से नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए कैच द रेन अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले इन कार्यकमों के जरिये जल संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि केंद्र के तीनों कृषि कानून पर सरकार को किसानों का पूरा समर्थन प्राप्त है श्री पूनिया ने कल चूरू दौरे में उप चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कहा कि ये तीनों कानून किसानों के हक में है

परीक्षा पे चर्चा कार्यकम बच्चों के लिए तनाव रहित माहौल बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किए गए व्यापक अभियान का एक हिस्सा है यह इस कार्यकम की चौथी कड़ी होगी इस बार यह कार्यक्रम ऑनलाइन होगा

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया